छोटे व्यवसायियों को मिलेगा लाम

आयकार नहीं भरने वाले सभी छोटे फूटकर व्यापारी इस योजना के पात्र है

सभी नगरीय निकायों के प्रमुखों को हितग्राही सम्मेलन की सभी आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दिये जाबांज सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जाबांज नागरिकों और सिपाहियों को राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक दिलवाने की अनुशंसा की जायेगी श्री चौहान ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री निवास पर शिवपूरी में सुल्तानगढ़ वाटरफॉल पर फंसे नागरिकों को बचाने वाले जाबांजों को सम्मानित करते हुये यह बात कही उन्होंने इन चार युवकों को पांच पांच लाख की सम्मान राशि भेंट की और साथ ही जिला पुलिस बल के चार और राज्य अनुक्रिया बल के तीन सदस्यों को भी सम्मानित किये जाने के निर्देश दिये हैं

अस्थि कलश प्रदेश की विभिन्न नदियों में विसर्जन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के अस्थि कलश पहुंच रहे है अस्थि कलश यात्रा आज उमरिया होते हुये सतना जिले के मैहर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेगी कल सुबह सतना के टाउन हॉल में श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया जायेगा उसके बाद पवित्र सोननदी में अस्थि विसर्जन होगा पन्ना जिले में अस्थि कलश यात्रा पहुंची

वहीं शहडोल जिले में अस्थि कलश यात्रा पहुंचने पर धनपुरी नगर में श्रद्धांजलि के बाद रामधुन गाई गई

स्थानीय मानव भवन में श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया

आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क से प्रसारित किया जायेगा यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध होगा मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी की वेबसाइट पर भी प्रसारण होगा आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के हिन्दी में प्रसारण के तुरन्त बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसका प्रसारण किया जायेगा अजय आरोप विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह ने आरोप लगाते हुये कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो घोषणा करते हैं उनपर अमल नहीं हो पाता है आज भोपाल में जारी विज्ञप्ति में श्री सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री ने राज्य में रेत के खनन में प्रतिबंध लगाया और घोषणा की थी कि अवैध खनन में लिप्त पाये जाने वाले वाहनों को राजसात किया जायेगा लेकिन इस बात पर भी अमल नहीं हो पाया प्रदेश में नर्मदा नदी से अवैध खनन प्रभावी लोगों द्वारा जारी है इसके अलावा अनेक उदाहरण है जिनके माध्यम से कहा जा सकता है कि श्री चौहान कि घोषणाओं पर अमल नहीं हो पा रहा है

योगिता ग्रामीण रोजगार मिशन से जुड़कर हर्बल साबुन बना रही हैं इससे उन्हें पांच से छः हजार रूपये की आमदनी हो रही है

शहर में डेंगू संक्रमण की यह स्थिति तब है जब जिला मलेरिया कार्यालय द्वारा बीते तीन महिने से लगातार एंटी लार्वा सर्वे करवाया जा रहा है इसके बावजूद भी डेंगू संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है इसे नियंत्रित करने को लेकर महापौर अलोक शर्मा ने स्वास्थ्य अधिकारियों और निगम अफसरों की बैठक लेकर जल्दी से इसे दूर करने के उपाय और उन मकान मालिकों पर जुर्माना लगाने का फैसला लिया जिनके घरों से एक से ज्यादा बार मच्छर का लार्वा मिल रहा है मुख्यमंत्री चिटठी मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक भावुक पत्र लिखकर प्रदेश के विकास के लिये अगले पांच साल और मांगे है

एक अधिकारिक जानकारी के अनुसार यह चिटठी प्रदेश की दो करोड़ सें अधिक महिलाओं को भेजी जा रही है एक पेज की चिटठी में श्री चौहान ने लिखा है आने वाले पांच वर्षो में महिलों के लिये खुशहाल वातावरण बनाना ही मुख्य काम होगा चिटठी में मुख्यमंत्री ने लिखा है कि आप मुझे मिस्डकॉल मेसेज और वाटसप करके पत्र मिलने की सूचना जरूर दें इसके लिये चिटठी में फोन नम्बर भी दिया गया है

मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में अभी दो दिन और तेज बारिश होने की संभावना है

प्रदेश के लगभग सभी हिस्सों में हलकी से मध्य वर्षा की संभावना है अगले दो दिन भोपाल शहर एवं उसके आसपास आसमान मेघमय रहेगा शहर के विभिन्न हिस्सों में हलकी से मध्य वर्षा की संभावना है औसत हवा की दिशा और गति किलोमीटर प्रति घंटा एवं दक्षिण पूर्व रहने की संभावना है

बैठक में निर्वाचन की प्रक्रिया को सफल और आसन बनाने के गुर सिखाये गये